मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविन्द बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केन्द्र का पक्ष सुने बगैर अधिनियम पर रोक को मंजूरी नहीं दी जा सकती शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र सरकार से इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है न्यायालय ने कहा है कि इस मामले को सुनने के लिए वह एक बड़ी संविधान पीठ का गठन करेगा अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार को एक सौ तैंतालीस याचिकाओं में से करीब साठ याचिकाओं की प्रतियां ही मिली हैं और उसे अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय की जरूरत है कुछ याचिकाओं में शीर्ष न्यायालय से इस कानून पर अमल को रोकने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की कार्यवाही कुछ समय तक टालने की मांग की गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बारह दिसंबर दो हजार उन्नीस को इस विधेयक को मंजूरी दी थी और तब से यह कानून बन गया है सीएए समर्थन रैली भारतीय जनता पार्टी द्वारा नागरिकता संशोधन कानून सीएए के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए देशभर में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज राजधानी रायपुर में रैली निकाली गई इस रैली में उत्तरप्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य शामिल हुए रैली को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने वाला है छीनने वाला नहीं उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर विपक्ष द्वारा लोगों के बीच भ्रम पैदा किया जा रहा है श्री मौर्य ने कहा कि घुसपैठियां और शरणार्थियों में अंतर होता है घुसपैठियों को देश छोड़ना होगा उन्होंने कहा कि देश का बंटवारा नहीं होता तो नागरिकता संशोधन कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती गौरतलब है कि राजधानी के हिन्द स्पोर्टिंग मैदान से निकली यह रैली ब्रढ़ातालाब स्थित धरना स्थल में सभा के रूप में परिवर्तित हुई इस मौके पर रायपुर सांसद सुनील सोनी पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल गौरीशंकर अग्रवाल सहित पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक उपस्थित थे उधर जांजगीर चांपा जिले में भी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में तिरंगा रैली निकाली गई चांपा के मुख्य मार्ग से निकली इस रैली में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारी शामिल हुए वहीं भाजपा नेताओं द्वारा सीएए के समर्थन में पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया जा रहा है अब तक सैकड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पोस्ट कार्ड भेजे जा चुके हैं इधर राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में अखिल भारतीय शाकाहार परिषद के तत्वावधान में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के समर्थन में आगामी चौबीस जनवरी को सभा का आयोजन किया जाएगा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष दिये जाते हैं बच्चों को ये पुरस्कार नवाचार समाज सेवा कला संस्कृति तथा खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने और वीरता के लिए दिये जाते हैं इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चुने गये बाईस बच्चों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया इनमें छत्तीसगढ़ की भामेश्वरी निर्मलकर भी शमिल हैं राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिलने के बाद छत्तीसगढ़ की भामेश्वरी निर्मलकर ने कहा कि सभी बच्चों को दुसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए

फिर वहां दो लड़कियां आई फिर खेलते खेलते पानी की गहराई में चली गई मैं पानी में कूद गई तो चांदनी के हाथ को पकड़कर खींचा और लौटते लौटते पैर के पास पर सोनम थी मैं उसको निकाली वीरता पुरस्कार राज्यपाल अनुसुईया उइके गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के चार बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित करेंगी बच्चों का चयन कल राजधानी रायपुर में बाल कल्याण परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री बजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य वीरता पुरस्कार जूरी समिति की बैठक में किया गया चयनित बच्चों में धमतरी की अंशिका साहू रायपुर की अनन्या चौहान गरियाबंद के राहुल पटेल और रायगढ़ के प्रमोद बारीक शामिल हैं इन बच्चों को पंद्रह हजार रूपये नगद के साथ प्रशस्ति पत्र और मैडल प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा बजट तैयारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित बजट के सिलसिले में विभागीय चर्चा की शुरूआत कर दी है आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री ने पंचायत और ग्रामीण विकास स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और वाणिज्यकर जीएसटी विभागों के बजट प्रस्तावों की जानकारी ली इस दौरान उन्होंने विभागीय मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ इन विभागों के बजट प्रस्तावों पर विचार विमर्श भी किया इस मौके पर मुख्य सचिव आरपी मंडल सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे उधर लोक निर्माण और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी बजट की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से विभागवार विस्तृत चर्चा की बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू और लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे माओवाद समीक्षा बैठक राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने अधिकारियों से कहा है कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सूचनाओं की जांच के बाद ही तलाशी अभियान चलाया जाएं इस दौरान ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी और असुविधा न हो उन्होंने कहा कि जवानों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए श्री अवस्थी ने आज कांकेर जिले के माओवाद प्रभावित कोयलीबेड़ा में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और कानून व्यवस्था की समीक्षा की इस मौके पर बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक तथा जिला पुलिस अधीक्षक उपरिथित थे उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण अंचलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना भी पुलिस की जिम्मेदारी है लिहाजा सभी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले से ही कर लिए जाए माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है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 मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इसी दौरान कटेकल्याण थाना क्षेत्र से इस माओवादी को घेराबंदी कर पकड़ा गया यह माओवादी बम विस्फोट और पुलिस पार्टी पर हमला करने जैसे कई गंभीर अपराधों में शामिल रहा है पीएससी परिणाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी ने कल देर शाम दो हजार अट्ठारह पीएससी के परिणाम जारी कर दिए इसमें रायपुर की अनिता सोनी ने पहला स्थान हासिल किया है वहीं श्रीकांत कोराम को दूसरा और महेश्वरी तिवारी को तीसरा स्थान मिला है टॉप टेन की सूची में छह छात्राओं ने जगह बनाई है जारी सूची के अनुसार चौथे स्थान पर राहुल शर्मा पांचवे पर सृष्टि देवांगन छठवें पर मृणमयी शुक्ला सातवें पर राज तिवारी आठवें पर अभिसार पांडेय नौवे स्थान पर रागिनी सिंह और दसवें स्थान पर भूमिका देसाई हैं गणतंत्र दिवस झांकी गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर निकलने वाली राज्यों की झांकियों का आज नई दिल्ली की राष्ट्रीय रंगशाला में राष्ट्रीय मीडिया के समक्ष पूर्व अवलोकन के लिए प्रदर्शन किया गया इस दौरान छत्तीसगढ़ की परंपरागत् शिल्पकला और आभूषण पर आधारित झांकी को भी प्रदर्शित किया गया इस मौके पर छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों ने ककसार नृत्य प्रस्तुत किया छत्तीसगढ़ की झांकी में प्रदेश के लोक जीवन परम्परा और जनजातीय समाज की शिल्पकला को रेखांकित किया गया है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में बिलासपुर ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर मंडल में आवश्यक रखरखाव कार्य के कारण बिलासपुर टिटलागढ बिलासपुर पैसेंजर का परिचालन आगामी चौबीस जनवरी तक संबलपुर स्टेशन तक ही की जाएगी इस अवधि में यह गाड़ी संबलप्र टिटलागढ़ संबलप्र के बीच रद्द रहेगी बस्तर संभाग क्षेत्र के अंतर्गत पचास लाख रूपये तक के निर्माण कार्यो की निविदाएं मैनुअल पद्धति से आमंत्रित की जाएगी रायगढ़ और धरमजयगढ़ वनमंडल में हाथियों को गांव से दूर रखने के लिए गजराज वाहन का उपयोग किया जाएगा इस वाहन में हाथियों को खदेड़ने के लिए कई तरह के संसाधन उपलब्ध हैं बस्तर जिले के नगरनार थाना क्षेत्र में आज पुलिस ने एक वाहन से दो सौ दस किलो गांजा सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है

इस दौरान सूर्य नमस्कार योगिग जागिग और मन मस्तिष्क को नियंत्रित करने की विधि बताई गई दुर्ग में कल मां बेटी सहित तीन लोगों की हत्या के आरोपी को पुलिस ने राउरकेला स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने महादेवघाट चौकी से रायपुरा चौक तक सुबह छह बजे से रात बारह बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर आगामी दो महीनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है